राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों के लिए अंतरजिला आवागमन के वास्ते अतिआवश्यक काम होने पर ई पास के साथ ऑफलाईन पास की प्रक्रिया भी शुरू करने को कहा है उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित थाना और एसडीएम कार्यालय को अधिकृत किया जाये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में प्रवासियों के आवागमन को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो श्रमिक पैदल रवाना हो गये है उनके लिए रास्ते में कैम्प लगाकर भोजन सहित अन्य व्यवस्था की जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रवासियों और श्रमिकों ने आवागमन के लिए पंजीयन कराया है उन्हें ई पास प्राप्त करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए इसके लिए ई पास सिस्टम को और बेहतर बनाए उन्होंने कहा कि अत्यावश्यक कार्य होने पर कोई श्री श्रमिक अपने गृह स्थान के लिए पैदल नहीं निकले सरकार उन्हें बसों और ट्रेनों के माध्यम से उनके गृह स्थान पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवासी राजस्थानियों के साथ वीडियो कांफेसिंग के जरिये संवाद करते हुए कहा है कि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में समय रहते कोरोना संकमण रोकने के लिए कई उपाय किये गये है इसके कारण यहां संकमण की दर कम और रिकवरी का प्रतिशत अधिक है मुख्यमंत्री ने प्रवासियों को विश्वास दिलाया कि राजस्थान में रहने वाले उनके परिजनों को इस मेहामारी में किसी तरह की परेशानी होती है तो वे राज्य सरकार को जिस भी स्तर से सूचित करेंगे उनकी तूरंत मदद की जायेगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थानी भाषा के विकास और उसे मान्यता दिलाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है बाडमेर जिले में लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी श्रमिकों को लेकर आज एक विशेष रेलगाडी बिहार के लिए जायेगी

उन्होंने बताया कि इस रेल में बाड़मेर बालोतरा गुड़ामालानी सिवाना और सिणधरी से श्रमिक जाएंगे प्रदेश में कोरोना वायरस से संकमित दो हजार एक सौ बांसठ मरीज ईलाज के बाद स्वस्थ हो चुके है इनमें से एक हजार आठ सौ पिच्यानवें लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है

इसके साथ ही इनका आंकडा बढकर तीन हजार सात सौ आठ हो गया है

इसके तहत मामूली और बहुत कम लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए ऐसे मरीजों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी

डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी ऐसे रोगियों को अगले सात दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी

संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी

ऑक्सीजन पर रखे गए जिन रोगियों का बुखार तीन दिन में नहीं उतरता है और कृत्रिम सांस की जरूरत बनी रहती है तो उन्हें रोग के लक्षण पूरी तरह समाप्त होने और लगातार तीन दिन तक स्वाभाविक ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता बने रहने पर डिस्चार्ज किया जाएगा गंभीर रोगियों को उनके पूरी तरह स्वस्थ होने और आरटी पीसीआर परीक्षण के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर कल प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने जिलों में वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ कोरोना संकमण स्थिति पानी बिजली मनरेगा और प्रवासियों से जुडे मुद्दों पर चर्चा की इस दौरान खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने झालावाड और बारां जिले के अधिकारियों की बैठक ली उन्होंने लॉकडाउन में बेरोजगारी झेल रहे श्रमिकों किसानों और मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा से जोडने के दिशानिर्देश दिए वहीं कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास सहित अन्य मंत्रियों ने भी इस संबंध में अपने अपने जिले के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने प्रदेश के सभी जिला प्रमुखों से उनके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों के फोन में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करवाने को कहा है उन्होंने कहा कि अपने और कार्यकर्ताओं के घरों पर मास्क तैयार करवाकर उन्हें आम लोगों को वितरित करें

सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच आज से शुरू होगी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि पहले हो चुकी परीक्षाओं की डेढ़ करोड़ से अधिक उत्तर प्रस्तिकाएं मूल्याकन के लिए अध्यापकों के घर भेजी जाएंगी

श्री निशंक ने विश्वास व्यक्त किया कि इन परीक्षाओं के परिणाम जल्द ही घोषित किये जायेंगे प्रदेश के पाकिस्तान से जुडे सीमावर्ती इलाकों में टिड्डी दलों का हमला जारी हैं कल टिड्डियों के दल बाडमेर मुख्यालय में प्रवेश कर गए

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की है विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा इस बीच कल चूरू और टोंक जिलों में तेज आंधी आई और कहीं कहीं बारिश भी हुई